बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में महाराष्ट्र केरल आंध्र प्रदेश गोवा और चंडीगढ़ में कोविड के मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर अधिक है एक रिपोर्ट बाईट सौरभ अग्रवाल कोविड महामारी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को आरटी पीसीआर जांच का अनुपात बढाने और साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों की फिर से आरटी पीसीआर जांच करने के लिए कहा है राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समूह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है प्रदेश में अब तक अड़तीस हजार सात सौ चौहत्तर स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई राज्य में अब तक पांच लाख साठ हजार छह सौ अड़तीस लोगों को ये वैक्सीन दी गई है इस बीच प्रदेश में अब तक दो लाख साठ हजार तीस रोगी कोरोना से ठीक हो चुके हैं कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर निन्यानवे दशमलव दो दो प्रतिशत है राज्य में इसके मामले लगातार घट रहे हैं फिलहाल इस संक्रमण से केवल पांच सौ एक रोगी पीड़ित हैं प्रदेश के अठारह जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं है कोविड उन्नीस टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि कोविड का दूसरा टीका लगने के बाद ही वायरस से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है

पहली डोज से इम्यूनिटी बननी शुरू होती है और दूसरी डोज से वूस्ट मिल जाता है और एंटीबॉजी जो रिसपॉन्स हैं और बाकी की जो रिस्पॉन्सिज हैं वो एक ही अलग डाइमेंशन पे अलग ऑर्बिट में पूरा फायदा एंटीबॉडी के तौर पे मिल जाता है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में ई संजीविनी टेलिमेडिसिन सेवा का उद्घाटन किया श्री कुमार ने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर ये उपलब्ध होगी इस सेवा से लाभ लेने के लिए राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्र जिला और अनुमंडल अस्पताल को इस सेवा से जोड़ दिये जायेंगे मार्च के अंत तक तीन हजार स्वास्थ्य केन्द्रों तक ई संजीविनी की व्यवस्था होगी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस सेवा से पूरे प्रदेश में सप्ताह में तीन दिन सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मरीजों को ऑनलाइन परामर्श दिया जायेगा राज्य के ग्रामीण इलाकों और दूरदराज के मरीजों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये बड़े अस्पतालों के डाक्टर चिकित्सीय सलाह देंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वंडर एप की भी शुरूआत की इस एप के मदद से एम्ब्रलेंस की ट्रेकिंग की जायेगी आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी उपस्थित थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हुनर हाट का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है श्री सिंह ने कहा कि हुनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है

उसको इतनी शोहरत हासिल न हो पाती

झारखंड का जो है हनी हंटर अब हनी हंटर यहां गांव में बनता है एक से एक कलाएं आपको देखने को मिलेगी इसलिए मैं आप सबसे कहूगां कि परिवार के सदस्यों को इसको लाकर आप दिखाइए श्री सिंह ने यह भी कहा कि यह हाट कलाकारों की कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में महत्व्पर्ण भूमिका निभाती है इससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है

आंध्र प्रदेश असम बिहार चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के कारीगर और शिल्पकार अपने अपने उत्तम स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं हुनर हाट में पूरे देश से स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे हुनर हाट में आने वाले लोग बावर्चीखाना खंड में देश के हर क्षेत्र से पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे हुनर हाट में देश के सुप्रसिद्ध कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे यहां आने वाले लोगों को हुनर हाट में देश की विविधता में एकता की ताकत का अनुभव होगा सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर नीति आयोग की बैठक में हमने अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखा पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि बिहार में बहुत काम हो रहे हैं और फिलहाल इसकी बहुत जरूरत है

इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग सकारात्मक रूप से करना चाहिए प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के सभी स्कूल पहली मार्च से खूलेंगे कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले वर्ष चौदह मार्च से बंद हैं इससे पहले कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक के स्कूल चार जनवरी से और कक्षा छठी से आठवीं तक के सभी स्कूल आठ फरवरी से खुल गये हैं राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा किसी भी बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय स्वतंत्रता समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं

उनके बारे में भी गुरू रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है समान न्याय और निरूशुल्क कानूनी सहायता काम करने की मानवोचित व्यवस्था श्रमिकों के लिए निर्वाह व मजदूरी अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में भी श्री गुरू रविदास जी द्वारा प्रसारित आदर्श परिलक्षित होते है नई दिल्ली में आज गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपने सम सामयिक समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ भावी पीढियों के लिए भी उज्ज्वल भविष्य की व्यवस्था की राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपनी करुणा और प्रेम के दायरे से किसी भी व्यक्ति या वर्ग को बाहर नहीं रखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी बैठक में शामिल हुए बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव अरूण सिंह ने बताया कि प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के उदघाटन सत्र को संबोधित किया श्री सिंह ने बताया कि दिनभर चलने वाली इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषि कानूनों तथा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस के तहत अब कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पास करना अनिवार्य होगा इस नीति के तहत नेशनल कांउसिंल फॉर टीचर एजुकेशन ने यह निर्णय लिया हैं इसके लिए दिशा निर्देश परीक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए कमिटी गठित कर दी गयी है अब तक टीईटी की अनिवार्यता सिर्फ कक्षा एक से आठवीं तक के लिए ही थी जिसे अब बढ़ाकर बारहवी तक कर दिया गया है केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ नियंत्रण आयोग के मुख्यालय को पटना से हटाकर लखनऊ में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है ग्यारह राज्यों के बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में है बाढ़ नियंत्रण आयोग को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थानांतरित करने की योजना थी राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा के मांग के बाद केन्द्रीय जल मंत्रालय ने इस पस्ताव को खारिज करते हुए पटना में ही मुख्यालय रहने की स्वीकृति दी है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम शुष्क और आसमान साफ रहा मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक मोहम्मद जिशान अंसारी ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में और वृद्धि की संभावना है

इस अवसर पर सांसद दुलारचंद गोस्वामी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार दिव्यांगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर है जमुई जिले का आज तीसवां स्थापना दिवस मनाया गया साथ ही स्वतंत्रता सेनानी श्रीकृष्णा सिंह की जयंती मनायी गयी इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने सरकार की ओर से किये जा रहे विकास कार्यों पर बल दिया इस मौके पर विकास मेले का आयोजन किया गया साथ ही कई खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये

मुक्त कराये गये दोनों बाल श्रमिक ईंट भट़ठे पर कार्य कर रहे थे कटिहार जिले के कसरेला प्रखंड स्थित उत्तर वाहिनी गंगा त्रिमोहिनी संगम स्थल पर आज बच्चे और अभिभावक की ओर से सफाई अभियान चलाया गया

वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इक्कीस फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था भारत में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष दो हजार पन्द्रह से आज के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है

कल से छब्बीस फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित होने वाली पैंतीसवीं ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है